केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किये जो पहली अप्रैल से होंगे प्रभावी

पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के छः सौ अड़तीस नए मामले सामने आए क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इस पर नियंत्रण के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है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

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाव में एक ढाल है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्यात्त मात्रा में उपलब्ध है

वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और भारत को अभियान है कि भारत की दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किये ये पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजब्त करने पर ध्यान दिया गया है करीब पांच महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरूआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों केन्द्र और राज्य सरकारों के विमागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी और किसी मी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के तीन उपाय दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना मास्क लगाना और सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा जुलुसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों दस वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गम्मीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी सरकारी अर्द्वसरकारी और निजी विद्यालय आज से इकत्तीय मार्च तक बंद रहेंगे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर अन्य समी शिक्षण संस्थान पच्चीस मार्च से इकत्तीस मार्च तक बंद रहेंगे हालांकि जहां परीक्षाए चल रही हैं वहां परीक्षाएं यथावत् सम्पन्न करायी जायेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के बढ़ने का क्रम जारी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के छः सौ अड़तीस नए मामले सामने आए हैं प्रदेश में अब तक क्ल पांच लाख छियान्नबे हजार एक सौ एक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विमाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड के नमूनो की जांच तेजी से की जा रही है एक दिन पूर्व कूल एक लाख उन्नीस हजार चार सौ सत्तर नमूनो की जांच की गयी राज्य में अब तक तीन करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौंतीस नमूनो की जांच की जा चुकी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है अब कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया है उन्हें किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री साथ लेकर घर जाने की सलाह दी गयी है जिससे उनकी पढ़ाई प्रमावित न हो

हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अगले सप्ताह कोर कमेटी की बैठक में कोविड की स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी जिसके बाद ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करना और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय सुनिश्चित करना है क्षय रोग दिवस वर्ष अट्ठारह सौ बयासी में आज ही के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉश द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की घोषणा के बाद से मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर कल राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश सरकार क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्द है उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षय रोग के मरीजो की पहचान के लिए अभियान चलाकर चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ से पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश मे शुरू हो गया है प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव के आयोजन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन पर केन्द्रित एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ के अलीगंज स्थित केन्द्रीय भवन में किया जा रहा है यह प्रदर्शनी अगले साल चार फरवरी तक चलेगी जहां प्रकाशन विमाग की पुस्तकों पर पैतालीस प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है पीआईबी और आरओबी के महानिदेशक आरपी सरोज ने बताया

लोग अपने इतिहास को जानें और इसके माध्यम से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से कि देश के या अज्ञात समस्त शहीद हैं उनके बारे में क्या इतिहास है कैसे उनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाया है तेकिन अगर प्रदर्शनी में सारी किताबें एक जगह था गई हैं यह बहुत ही प्रेरणादायी है वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर होली के दिन निषेधाज्ञा लागू रहेगी जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर उन्तीस मार्च की रात बारह बजे से धारा एक सौ चौवालिस लागू हो जाएगी इस दौरान गंगा में नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही गंगा में स्नान के समय साबुन डिटर्जेट या अन्य केमिकल के प्रयोग पर रोक रहेगी जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तीस मार्च को जिले में होली परम्परागत रूप से मनायी जाएगी उन्होने कहा कि लोग होली खेलने के बाद गंगा में नहाने के लिये जाते हैं मथुरा में राधा रानी के गांव बरसाना के बाद आज भगवान श्रीकृष्ण के नंदगांव में लट्ठमार होली जायेगी इसे लेकर नंदगांव की हुरियारिनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि हुरियारिनी सोलह श्रृंगार कर लट्ठमार होली चौक पर पहुंचेंगी इधर नंदमवन में बरसाना के हुरियारों का भव्य स्वागत किया जायेगा नंद बाबा मंदिर के सेवायत सोमदत्त भारद्वाज ने बताया कि कई कृतल टेसू के फूलों से बने रंगों से हुरियारों का स्वागत किया जायेगा